अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पथराव की घटना के संबंध में उन पर लगाये गये आरोपों को गलत बताया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं श्री गहलोत कल जोधपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे श्री गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हैं और इस मामले में उनका नाम लेकर बातें करना गलत हैं

अजमेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के के शर्मा ने बताया कि इससे पहले कल दी गई ढील के दौरान शांति बनी रही लोगों ने बाजारों में खरीदारी की

श्री सिंह ने इन लोगों से मुलाकात कर इनकी कार्य प्रणाली को समझा और केन्द्र सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी

वहीं भीलवाडा कोटा राजमार्ग पर बन का खेडा के पास एक मवेशी से टकराने से मोटरसाईकिल सवार युवक की मृत्यु हो गई सवाईमाधोपुर जिले में दो अलग अलग सड़क हादसो में दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया

तीनों बदमाशों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया इधर सीकर के फतेहपुर में तीन दिन पहले हुई लूट के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया

पूल ए में भारत की ये लगातार चौथी जीत हैं इस तरह भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है ब्रिज प्रतियोगिता में मिश्रित टीम और पुरूष टीम वर्ग में भारत ने कल दो कांस्य पदक हासिल किये गौरतलब है कि ब्रिज को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया है

भारत के ही एथलीट गोविन्दन लक्ष्मणन ने पुरूषो की दस हजार मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता